कम प्रदूषण वाले पटाखों के उत्पादन और बिक्री को मंजूरी दी

उच्चतम न्यायालय ने पूरे देश में शर्तों के साथ कम प्रद्षण वाले पटाखों के उत्पादन और बिक्री को मंजूरी दे दी है न्यायालय ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए पटाखों के उत्पादन और उनकी बिक्री पर रोक लगाने संबंधी एक याचिका की सुनवाई करते हुए ये आदेश दिया शीर्ष न्यायालय ने कहा है कि दिवाली और अन्य त्योहारों पर रात आठ बजे से दस बजे तक ही पटाखे चलाये जा सकेंगे न्यायालय ने निर्धारित सीमा से अधिक प्रदूषण वाले पटाखों की ऑनलाइन बिक्री पर भी रोक लगा दी है न्यायिक फैसले में कहा गया है कि आदेशों का उल्लंघन करने वाली ई कॉमर्स कंपनियों की वेब साइट पर रोक लगा दी जायेगी प्रदेश में आज विभिन्न केन्द्रों पर हंगामे और प्रदर्शन के बीच आई टी आई की परीक्षा आयोजित की गयी समस्तीपुर बक्सर नालंदा और नवादा जिले में कई स्थानों पर परीक्षार्थियों ने परीक्षा का बहिष्कार किया इनका आरोप था कि प्रशासनिक लापरवाही से आई टी आई के प्रश्न पत्र लीक हो जाते हैं और धांधली के कारण बार बार परीक्षा रद्द करने से काफी परेशानी होती है प्रदर्शनकारियों ने समस्तीपुर के दलसिंहसराय और रोसड़ा में कई स्थानों पर टायर जलाकर आगजनी की वहीं बक्सर में रेलवे स्टेशन पर प्रदर्शन कर ट्रेनों का परिचालन बाधित करने का प्रयास कर रहे परीक्षार्थियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया और उन्हें खदेड़ दिया बेगूसराय जिले के मटिहानी थाना क्षेत्र अंतर्गत सिहमा गांव में एसटीएफ ने छापेमारी कर एके सैंतालीस राइफल एक पिस्तौल और सैंतालीस कारतूस के साथ चार तस्करों को गिरफ्तार किया है पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार ने बताया कि गिरफ्तार तस्कर नक्सलियों को हथियार बेचने की फिराक में थे गौरतलब है कि मुंगेर जिले में एकेसैंतालीस हथियारों की बरामदगी और तस्करों की गिरफ्तारी के बाद अपराधियों की निशानदेही पर राज्य के विभिन्न हिस्सों में लगातार छापेमारी की जा रही है मुंगेर के अलावा कई जिलों से तस्करी किये गये हथियारों की बरामदगी की गयी है इधर पश्चिम चंपारण जिले में पुलिस ने योगापट्टी थाना क्षेत्र से कुख्यात सरगना बैद्यनाथ यादव सहित चार अपराधियों को तीन बंदूक एक राइफल और अठाईस गोलियों के साथ गिरफ्तार किया है बिहार विधानमंडल का शीतकालीन सत्र छब्बीस नवम्बर से शुरू होकर तीस नवम्बर तक चलेगा इस दौरान दोनों सदनों की पांच बैठकें आयोजित होंगी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी वहीं मंत्रिमंडल ने प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनधारकों के महंगाई भत्ते में दो प्रतिशत की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है महंगाई भत्ता अब सात प्रतिशत से बढ़कर नौ प्रतिशत हो गया है नये महंगाई भत्ते की दर इस वर्ष एक जुलाई से प्रभावी होगी राज्य सरकार ने केन्द्र की तर्ज पर पच्चीस साल से अधिक उम्र की तलाकश्रदा विधवा और अविवाहित महिलाओं को पारिवारिक पेंशन का लाभ देने का फैसला किया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी कुलाधिपति सह राज्यपाल लालजी टंडन ने प्रदेश के विश्वविद्यालयों में प्रयोगशालाओं की सुविधा और उनके विकास के लिए एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया है पटना विश्वविद्यालय की प्रतिकुलपति प्रोफेसर डॉली सिन्हा को समिति का अध्यक्ष बनाया गया है यह समिति प्रयोगशालाओं में जगह की उपलब्धता प्रकाश व्यवस्था बिजली की आपूर्ति कचरा प्रबंधन के अलावा आधारभूत संरचना के संबंध में वस्तु स्थिति की जांच करेगी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय ने आरोप लगाया है कि राजद अलोकतांत्रिक और लालू प्रसाद के परिवार की पार्टी बनकर रह गयी है श्री राय ने कहा कि लालू परिवार के भीतर सत्ता संघर्ष चरम पर है तो तेजस्वी प्रसाद यादव अपना अस्तित्व बचाने के लिए न्याय यात्रा पर निकल रहे हैं उन्होंने कहा कि राजद के शासनकाल के दौरान कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हो गयी थी और विकास का नामोनिशान नहीं था मुजफ्फरपुर जिले में पताही स्थित हवाई पट्टी का विस्तार हवाई अड्डे के रूप में किया जायेगा जिला प्रशासन ने केन्द्र सरकार को इसके लिए पचास करोड़ रुपये का प्रस्ताव भेजा है आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि मंजूरी मिलने के बाद यहां एयर ट्रैफिक कंट्रोल टॉवर और प्रशासनिक भवन का निर्माण किया जायेगा जिला प्रशासन ने कहा है कि खर्च पर नियंत्रण के लिए नये हवाई अड्डे के लिए जमींन का अधिग्रहण नहीं किया जायेगा राज्य सरकार ने प्रदेश में सभी प्रकार के पॉलिथीन कैरी बैग प्रतिबंधित करने संबंधी अधिसूचना जारी कर दी है पर्यावरण वन और जलवायू परिवर्तन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार प्रतिबंध कल से प्रभावी हो जायेगा विभाग ने सिर्फ प्लास्टिक कैरी बैग को प्रतिबंधित किया है जैविक अपशिष्ट के संग्रहण के लिए प्रयोग होने वाले पचास माइक्रॉन से अधिक के कैरी बैग को प्रतिबंधित नहीं किया गया है वहीं सभी प्रकार के खाद्य और अन्य पदार्थों की पैकेजिंग दूध और पौधा उगाने के लिए प्रयोग होने वाले कैरी बैग को भी इससे मुक्त रखा गया है अधिसूचना के अनुसार पॉलिथीन उत्पादन या इसके बार बार प्रयोग पर पांच साल तक की जेल और एक लाख रूपये तक का जुर्माना हो सकता है दंड की प्रक्रिया पन्द्रह दिसम्बर से प्रभावी होगी केन्द्रीय लघू सूक्ष्म और मध्यम उद्यम मंत्री गिरिराज सिंह ने आज कहा कि केन्द्र की एनडीए सरकार द्वारा चलायी जा रही विभिन्न योजनाओं से बड़े पैमाने पर गरीबी दूर करने में मदद मिली है श्री सिंह नवादा जिले के अकबरपुर में खादी और ग्राम उद्योग द्वारा आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि स्वरोजगार के कार्यक्रमों से ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं इस अवसर पर किसानों के बीच मधुमक्खी पालन के उपकरण वितरित किये सीतामढ़ी शहर में अब जनजीवन तेजी से सामान्य हो रहा है आज शहर में विभिन्न बाजार और दुकान खुले रहे हालांकि सुरक्षा के दृष्टिकोण से आज भी निषेधाज्ञा लागू है जिला प्रशासन ने अफवाहों को रोकने के लिए एहतियात के तौर पर इंटरनेट सेवा कल तक के लिए स्थगित कर दी है गौरतलब है कि पिछले सप्ताह मूर्ति विसर्जन को लेकर दो गूटों के बीच झड़प के बाद तनाव व्याप्त हो गया था जिसके कारण पूरे शहर में निषेधाज्ञा लागू है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना ने प्रदेश में युवाओं के लिए रोजगार के रास्ते खोल दिये हैं विभिन्न प्रकार के ट्रेड में प्रशिक्षण पाकर युवा स्वावलंबी बन रहे हैं

रोजगार मिलने से समाज में उनका सम्मान भी बढा है आकाशवाणी समाचार के लिए मोतिहारी से आलोक कुमार प्रदेश के विभिन्न जिलों में प्रखंड स्तर पर किसानों को उन्नत खेती की जानकारी देने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज कृषि अभियान रथों को रवाना किया रबी अभियान दो हजार अठारह के तहत ये कृषि अभियान रथ किसानों को खेती के आधुनिक तौर तरीके उन्नत बीज और सरकार की कृषि योजनाओं तथा कार्यक्रमों के बारे में जानकारी देंगे इस अवसर पर कृषि मंत्री प्रेम कुमार सहित कई अन्य मंत्री भी उपस्थित थे जमुई जिले में पुलिस और अर्द्वसैनिक बलों ने झाझा थाना क्षेत्र के कठबजरा गांव से कट्टर नक्सली जुगल यादव उर्फ बॉडीगार्ड को गिरफ्तार किया है बक्सर जिले में मुरार थाना क्षेत्र के फफदर गांव में अज्ञात अपराधियों ने एक ग्रामीण के घर पर बीस चक्र गोलीबारी की कल देर रात हुई इस घटना में ग्रामीणों ने एक अपराधी को गिरफ्तार कर पुलिस को सौंप दिया है

कम प्रदूषण वाले पटाखों के उत्पादन और बिक्री को मंजूरी दी